प्रधानमंत्री ने इस दिषा में किये जा रहे शोधकार्य के लिए उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से क्शल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया उन्होंने समन्वय और त्वरित प्रयासों में मानक संचालन प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि संकट के इस समय किये जा रहे सभी उपाय वैज्ञानिक प्रक्रिया का नियमित हिस्सा बनना चाहिए उन्होंने कहा कि औषध अनुसंधान के लिए जिस नवाचारी ढंग से भारतीय वैज्ञानिक और उद्योग जगत साथ आये हैं वह सराहनीय है एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार तीस से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के विभिन्न चरण में हैं इनमें से कुछ परीक्षण चरण तक भी पहंच रहे हैं औषधि विकास में तीन चरणों पर काम हो रहा है वहीं निदान और जांच के लिए कई अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप उद्यमों ने नये परीक्षण विकसित किये हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिल्ली में विषाणु जनित रोग मलेरिया डेंगू और चिकनग्निया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की स्वास्थ्य मंत्री ने इन रोगों की रोकथाम के बारे में व्यापक जागरूकता पर बल दिया उन्होंने सभी पक्षों से सामूहिक भागीदारी से जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया जागरूकता अभियान में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्कानदार और व्यापारी संघों का सहयोग लेने को कहा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अपने आसपास साफ सफाई और मच्छर रहित रखने जैसे सामान्य उपायों से इन रोगों के नियंत्रण में मदद मिलेगी देश भर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से दो हजार नौ सौ अंठावन नये मामले आने के साथ ही कुल संकमितों की संख्या बढकर उनचास हजार तीन सौ इक्यावन हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि चौदह हजार एक सौ तिरासी लोग ठीक हो गये हैं और ठीक होने वालों की दर अठाइस दशमलव सात एक प्रतिशत हो गई है चौबीस घंटों के दौरान एक सौ छब्बीस लोगों की मौत भी हुई है अबतक देष में इस संकमण से एक हजार छह सौ चौरानबे लोगों की जान जा चुकी है

वहीं तैंतीस मरीज स्वस्थ भी हुए हैं जबकि नवासी मरीजों का इलाज जारी है और तीन मरीजों की मौत हो चुकी है

राज्य सरकार ने पिछले साल अल्पवर्षा के मूल्यांकन के आधार पर सात जिलों के पचपन प्रखंडो को सूखाग्रस्त घोषित किया है इन जिलों में चतरा बोकारो पाकुड़ देवघर गिरिडीह गोड़डा और हजारीबाग शामिल हैं इस संबंध में आपदा गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है राज्य सरकार की इस रिपोर्ट को अब केंद्र सरकार को भेजा जायेगा इसके बाद केंद्रीय सहायता मिलते ही राज्य के किसानों को सुखाड़ से क्षति का मुआवजा केंद्र सरकार की राष्टीय आपदा मोचन निधि एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के तहत दिया जायेगा विभाग के सचिव अमिताभ कौषल ने बताया कि तेरह अप्रैल को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्ष के बाद इसे स्वीकृत किया गया था पाकुड जिला प्रषासन कोरोना से निपटने को लेकर लॉकडाउन सामाजिक दूरी का पालन जरूरतमंदों को बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया कराने के साथ प्रवासी मजद्रों और विद्यार्थियों की घर वापसी पर ध्यान दे रहा है

गली मुहल्लों में फॉगिंग भी करायी जा रही है नालों की साफ एवं सेनेटाइज किया जा रहा है परिषद नगर पंचायत तथा जिला प्रशासन के सहयोग से शहरों एवं गांवों के गली मुहल्लों में फॉगिग और घर से कचरा उठाव भी निरंतर किया जा रहा है साहिबगंज जिले में पचास समूह कोरोनो योद्वा के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा रेडक्रॉस सोसायटी भवन में संचालित ब्लड बैंक में आज रक्तदान किया श्री भोक्ता को सूचना मिली थी कि सदर अस्पताल में इलाजरत थैलीसीमिया पीड़ित मरीज एक बच्चे को खून की आवश्यकता है इस सूचना पर मंत्री ने रक्तदान कर बच्चे के लिए ब्लड उपलब्ध कराया मौके पर मंत्री ने कहा कि आज पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है उन्होंने कहा कि सरकार योद्वाओं के साथ खड़ी है रेडक्रॉस के सदस्य और अधिकारी कोरोना संकट में अच्छा काम कर रहे हैं

कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरिक्षक राजीव रंजन ने सभी थानों में पुलिस सभा का आयोजन कर कोरोना वायरसे से बचने के उपायों को लेकर जागरूकता बढ़ाने का निर्देष दिया है किरीबुरु के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ हीरालाल रवि ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को आत्मरक्षा के लिए अपने पास एक एक थर्मामीटर रखने एवं मास्क सैनिटाइजर का उचित एवं आवश्यक इस्तेमाल करने को कहा गया है पुलिस बलों को सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में केंद्र के दिषा निर्देष पर डिजिटल पढ़ाई सुनिष्वित कराने की दिषा में प्रयास किया जा रहा है वे कल रामगढ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विधायक के साथ बैठक कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में डिजिटल पढ़ाई के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करेगा निजी स्कूलों की फीस माफी को लेकर श्री महतो ने कहा कि उच्च स्तरीय कमिटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद झारखंड में फीस माफी पर उचित निर्णय लिया जायेगा श्री महतो ने सरकारी स्कूलों के षिक्षा स्तर को बेहतर करने पर भी जोर दिया ताकि अभिभावकों की रूचि और भरोसा सरकारी स्कूलों कि ओर बढ़े इस दौरान जिले में नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए विधायक ममता देवी ने शिक्षा मंत्री को लिखित आवेदन दिया शिक्षा मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी को केबल नेटवर्क के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहंचाने का निर्देश दिया लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के प्रवासियों का विषेष रेलगाड़ी से अपने राज्य में वापस आना जारी है आज सुबह पंजाब से झारखंड के एक हजार एक सौ अठासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेषल ट्रेन डालटनगंज पहुंची अपने राज्य पहुंचने पर सभी मजदूर खुष थे डाल्टनगंज पहंचने के बाद इन सभी प्रवासी मजदुरों की यहां स्क्रीनिंग कर उन्हें उनके घर तक तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है इधर सरायकेला जिले में जिला प्रशासन ने आज ओड़िषा के कलिंगनगर से पहुंचे चालीस मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की सभी को मुहर लगाने के बाद चौदह दिनों के होम क्वारेंटीन पर रहने का निर्देश दिया गया इस दौरान सभी मजदूरों को सूखा अनाज भी दिया गया वहीं कल गुजरात के सूरत से झारखंड के सात जिलों के एक हजार दौ सौ तैंतीस प्रवासी मजदूर स्पेषल ट्रेन से धनबाद स्टेषन पहुंचे इस ट्रेन में गिरिडीह देवघर धनबाद दुमका कोडरमा हजारीबाग तथा रांची जिले के प्रवासी मजदूर पत्नी और बच्चों के साथ लौटे थे वहां उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें बस के जरिये घर भेजा गया घर वापसी पर मजदूरों ने मुख्यमंत्री तथा जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया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

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टसम बोर्ड ने वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिर्टन भरने की तारीख तीस सितम्बर कर दी है सरकार ने चौबीस मार्च को या उससे पहले के सभी ई वे बिल भरने की तिथि भी इकतीस मई तक बढ़ा दी है पहले इनकी वैधता बीस मार्च से पंद्रह अप्रैल के बीच समाप्त होनी थी इस छूट से सड़क परिवहन के माध्यम से माल की निर्बाध आपूर्ति और आवाजाही हो सकेगी

खूंटी जिले के व्यवसायी संघ ने लगभग डेढ़ सौ आदिवासी मुंडा समुदाय लोहरा बिंझिया और महतो समुदाय के लोगों को अनाज दिया व्यवसायियों ने ग्रामीणों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया

यहां बिना अनुमति के पचास से अधिक लोग जुटे थे हालांकि पुलिस को देखते ही कई बाराती मौके से फरार हो गये